राज्य में कोविड टीकाकरण की संख्या छह लाख पचासी हजार के पार

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज बताया कि कल नौ लाख चौरानवे हजार चार सौ बावन लोगों को टीके की खुराक दी गई इस बीच कल चौदह हजार से अधिक रोगियों के ठीक होने से कोविड से स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव शून्य तीन प्रतिशत तक पहुंच गई है मंत्रालय ने कहा है कि अब तक एक करोड़ आठ लाख छब्बीस हजार रोगी ठीक हो चुके हैं और एक लाख तिहत्तर हजार चार सौ तेरह सक्रिय मामले हैं जो कुल संक्रमित मामलों का एक दशमलव पांच पांच प्रतिशत है पिछले चौबीस घंटों के दौरान देश में सत्रह हजार चार सौ सात नये मामले सामने आये हैं राज्य में छह लाख पचासी हजार से अधिक लोगों को कोविड टीके दिये जा चुके हैं इनमें पांच लाख अस्सी हजार लाभार्थी ऐसे हैं जिन्हें टीके की पहली डोज दी गयी है वहीं एक लाख पांच हजार लाभार्थियों को टीके की द्सरी खुराक दी गयी है कोविड का टीका लगवाने वाली वरिष्ठ नागरिक मध्र गोपाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि वे टीकाकरण की प्रक्रिया से पूरी तरह संतुष्ट हैं उन्होंने बताया कि टीका लगवाने के बाद उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई और वे तत्काल अपने सामान्य कामकाज में लग गईं

मैं ऑनलाइन बुक करायीथी

वहां बहत ही अनुशासन से काम चल रहा था तीन कमरे थे एक में ऑब्जर्वेशन एक में वैक्सीनेशन एण्ड थर्ड रूम में ऑब्जर्वेशन के लिए लोग बैठे हुए थे सारे लोग सेवामाव से काम में जुड़े हुए थे उनके मनोमावना से मेरी उनके लिए श्रद्धाबढ़ती चली गई मैं बहुत खुश हूं इस वैक्सीनेशन प्रक्रिया से मैं पूरी तरह से स्वस्थ थी

आकाशवाणी से बातचीत में सफदरजंग अस्पताल में यूरोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अनूप कुमार ने बताया कि पहले से ही किसी बीमारी से ग्रस्त मरीजों के लिए टीका जरूरी है

स्वदेश में निर्मित कोविड उन्नीस वैक्सीन टीका तीसरे चरण के परीक्षण में इक्यासी प्रतिशत कारगर साबित हुआ है इस परीक्षण में इक्कीस स्थानों से पच्चीस हजार आठ सौ लोगों ने भाग लिया यह टीका भारत बायोटेक ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के सहयोग से विकसित किया है नवादा जिले के नारदीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बस्ती बिगहा में हथियार बंद अपराधियों ने आज दिन दहाड़े दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा से चौदह लाख रूपये लूट लिये बैंक की सहायक प्रबंधक अनिता कुमारी ने बताया कि छह की संख्या में नकाबपोश अपराधियों ने पिस्तौल का भय दिखाकर इस घटना को अंजाम दिया पुलिस अधीक्षक धूरत सायली ने बताया कि अपराधियों की पहचान कर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है केन्द्रीय भविष्य निधि संगठन के अंशधारकों को पिछले साल की तरह जमा राशि पर आठ दशमलव पांच प्रतिशत ब्याज दर मिलेगा संगठन के केन्द्रीय न्यासी मंडल की बैठक में आज यह फैसला किया गया वर्तमान में कर्मचारी भविष्य संगठन के पास उन्नीस करोड़ चौंतीस लाख अंशधारकों के जमा खाते हैं मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड के मुख्य दोषी ब्रजेश ठाकुर की एक और संपत्ति को प्रवर्तन निदेशालय ने अपने कब्जे में ले लिया है प्राप्त जानकारी के अनुसार ईडी की टीम ने दिल्ली के पालम में बने एक तीन मंजिला मकान को जब्त किया है यह मकान उसके एक पारिवारिक सदस्य के नाम पर है ईडी पूर्व में भी ब्रजेश ठाकुर की कई संपत्तियों को जब्त कर चुका है राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश में दस चरणों में पंचायत चुनाव कराने की योजना पर विचार कर रहा है आयोग के सचिव योगेन्द्र राम ने बताया कि इस संबंध में प्रस्तावित कार्यक्रम सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेज दिया गया है पहले से आठवें चरण तक हर प्रमंडल के एक जिले में जबकि नौवें और दसवें चरण में हर प्रमंडल में एक से अधिक जिले में चुनाव होना प्रस्तावित है श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा है कि बीस लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये सरकार तेजी से कार्य कर रही है श्री मिश्रा ने विधानसभा में एक प्रश्न के जवाब में कहा कि राज्य के हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोला जायेगा उन्होंने सदन को बताया कि फिलहाल राज्य में एक सौ अठाईस आईटीआई कार्य कर रहे हैं इनकी संख्या भी बढ़ायी जायेगी वन और पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने कहा है कि नीलगाय से फसलों को हो रहे नुकसान को लेकर सरकार गंभीर है विधान परिषद् में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि एक साल के भीतर नीलगाय के कारण उत्पन्न समस्या से निजात दिलाने के लिये कार्ययोजना बनायी जा रही है साहित्य जगत आज कालजयी कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु की जन्मशती मना रहा है रेणु का जन्म आज ही के दिन वर्ष उन्नीस सौ इक्कीस में अररिया के औराही हिंगना में हुआ था ग्रामीण जीवन के सामाजिक पहलुओं के बारे में एक आंचलिक कथाकार के रुप में जो उन्होने रचा वह दुर्लभ है मैला आंचल परती परिकथा आदिम रात्रि की महक ठेस और ऐसी बहुत सी उत्तम कृतियों को उन्होने रचा सीमांचल के क्षेत्र की बोलियों और शब्दों को उन्होंने जिस प्रकार अपनी रचनाओं में उकेरा उसने अमिट छाप छोड़ी इसलिए आज भी रेणू का साहित्य अजर अमर है उनकी साहित्य रचना ने हर दौर में लोगों को प्रभावित किया है उनकी रचना मारे गये गुलफाम पर राज कप्र और वहीदा रहमान अभिनीत फिल्म तीसरी कसम का यह गीत सिने संसार के मधुर गीतों में शुमार किया जाता है साउंड बाईट फणीश्वरनाथ रेणु के पुत्र दक्षिणेश्वर प्रसाद राय ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि उनके पिता ने साहित्य साधना के माध्यम से सामाजिक विकृतियों और समस्याओं को उजागर किया

उन्होंने कहा कि हिन्दी कथा साहित्य में बिहार का नाम गौरवान्वित करने वाले लोगों में स्वर्गीय रेणु का अत्यंत प्रमुख स्थान रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महान कथाकार को याद करते हुए अपनी श्रद्धांजलि दी श्री कुमार ने कहा कि रेणु की रचनाओं में अनूठी संवेदनशीलता देखने को मिलती है विधानसभा में अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सदन की ओर से रेणु जी की जन्मशती के अवसर पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की इधर पटना स्थित हिन्दी साहित्य सम्मेलन में संस्था के अध्यक्ष अनिल सुलभ की अध्यक्षता में रेणु जन्म शताब्दी समारोह आयोजित किया गया कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री रेणु देवी कला संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री आलोक रंजन शामिल हुए प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है दिन के समय ज्यादातर जिलों में औसत तापमान तीस डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा है मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान राज्य के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है मौसम वैज्ञानिक नीरज चंद्र ने बताया कि दो दिनों बाद औसत तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी

कार्यक्रम में ढाई सौ अभिभावक और ढाई सौ शिक्षक भी हिस्सा लेंगे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिये परीक्षार्थी चौदह मार्च तक माई जीओवी डॉट इन पोर्टल के माध्यम से अपने प्रश्न प्रछ सकते हैं नगर विकास और आवास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने आज कहा कि गंगा नदी को शहरी गंदे जल से प्रद्रषण मुक्त बनाने के लिये पटना में आठ सीवरेज संयंत्रों पर काम चल रहा है श्री प्रसाद ने विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल के भाई वीरेन्द्र के एक प्रश्न के जवाब में कहा कि नमामि गंगे परियोजना के तहत कुल एक हजार एक सौ पचास किलोमीटर की सीवरेज लाईन बिछायी जा रही है उन्होंने कहा कि पाईप लाईन बिछाने से जो सड़कें क्षतिग्रस्त होती हैं उनकी मरम्मत भी नगर विकास विभाग द्वारा कराया जाता है पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि पटना में अटल पथ का निर्माण कार्य होली से पहले पूरा हो जायेगा विधानसभा में विपक्षी सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्न का जवाब देते हुए श्री नवीन ने कहा कि कोइलवर प्रल समेत सभी लंबित कार्य योजना पर कार्य बाईस मार्च से शुरू हो जायेगा पटना में जगह जगह सड़क खोदकर अध्रा छोड़े जाने से हो रही परेशानी के बारे में पथ निर्माण मंत्री ने कहा कि उन्होंने इस समस्या को लेकर नगर विकास मंत्री से बातचीत की है औरंगाबाद और सासाराम में इस वर्ष सितम्बर महीने से पाईप लाईन से रसोई गैस की आपूर्ति की जायेगी इसकी घोषणा इंडियन ऑयल कारपोरेशन के निदेशक एसके शर्मा और सांसद सुशील कुमार सिंह ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में की कटिहार स्टेशन पर सेना भर्ती में भाग लेने आये अभ्यर्थियों ने आज जमकर हंगामा किया उग्र अभ्यर्थियों के हंगामे के कारण राजधानी एक्सप्रेस जोगबनी कोलकाता एक्सप्रेस सहित छह ट्रेनों को दो घंटे से अधिक देर तक स्टेशन पर रोक कर रखना पड़ा बाद में बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को हटाया गया कई परीक्षार्थियों को हिरासत में भी लिया गया है प्रदर्शन कर रहे परीक्षार्थियों ने बताया कि बेगूसराय से वे लोग परीक्षा देकर आये थे लेकिन स्टेशन पर कोई व्यवस्था नहीं थी दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय सभागार में कल पेंशन अदालत का आयोजन किया जायेगा यह दोपहर ढाई बजे से शुरू होगा इसमें विश्वविद्यालय के अंतर्गत सेवानिवृत्त उनसठ कर्मियों के पेंशन और सेवांत लाभ संबंधी मामलों का निपटारा किया जायेगा

राज्य में कोविड टीकाकरण की संख्या छह लाख पचासी हजार के पार